प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद कल पहली बार देशवासियों से करेंगे अपने मन के विचार सांझा राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ वर्षा मैदानी इलाकों में गर्मी से मिली हल्की राहत विपिन परमार स्वास्थ्य विभाग में बायोमिट्रिक मशीन खरीद की जांच होगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज इस जांच के आदेश दिए

उन्होंने कहा कि इन बायोमिट्रिक मशीनों की खरीद पूर्व कांग्रेस सरकार में की गई थी यह मशीनें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद खरीदी गई थी

उन्होंने कहा कि यदि इस जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

इनमें उपनिदेशक जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और उपमंडल आयुर्वेदिक अधिकारी शामिल है विभाग के निदेशक संजीव भटनागर ने बताया कि इन तीन अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को विभाग में उपकरणों व अन्य वस्तुओं की खरीद में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने को भी कहा है गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में यात्रियों को जल्द ही ओवर लोडिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा इसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मांग के अनुसार अगले दस दिनों के भीतर पांच सौ नए बस रूट प्रकाशित किए जाएंगे जिन्हें जल्द आबंटित कर दिया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले में सभी विभागों को आबंटित धनराशि को समय पर खर्च करने को कहा है मारकंडा ने आज जिला स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जो विभाग आबंटित धनराशि को समय पर खर्च नहीं करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

मारकंडा ने जिले में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को तुरंत एसएमसी के माध्यम से भरने को भी कहा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शीघ्र ही अपनी विकलांगता नीति बनाएगा यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विकलांगता नीति बनाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा अभी तक देश के किसी भी विश्वविद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों कर्मचारियों व शिक्षकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई नीति दस्तावेज नहीं है पालेकर पद्म श्री सुभाष पालेकर ने कहा है कि खेती बाड़ी में देसी केंचुओं की भूमिका अहम है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित छः दिवसीय पालेकर प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे इस शिविर में किसानों ने पालेकर प्राकृतिक खेती के गुर सीखे पालेकर ने कहा कि खेतीबाड़ी में देसी केंचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह दिन रात किसानों के लिए मजदूर की तरह काम करते हैं उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें खेती के पहले ही वर्ष बेहतर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं और किसानों का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं घटता इस मौके पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने कहा कि रासायनिक खेती की वजह से बीमारियां लगातार बढ़ रही है

जूनियर वर्ग में ऊना के साहिल विजेता रहे ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में कांगड़ा के जिला व सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा बतौर मुख्यातिथि पहुंचे जबकि मीडिया ग्रुप के सीएमडी भानु धमीजा और प्रधान संपादक अनिल सोनी भी इस मौके पर मौजूद रहे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

ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आरोप लगाया कि महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं है उन्होंने कहा कि एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर स्कूलों में ही बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है जैनब चंदेल शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी

जैनब चंदेल ने बंजार बस हादसे के बाद बसों में ओवरलोडिंग को लेकर सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से स्कूली छात्राओं को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रकोष्ठ प्रदेश भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की सरकार से मांग की है

डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि सात जुलाई को कुपवी में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे

उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों की जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जनमंच कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार द्वारा घर द्वार पर प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाएं

खुम्ब अनुसंधान केंद्र के निदेशक वीपी शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में खुम्ब उत्पादन को बढ़ाना है

आज चम्बा कुल्लू बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के कई हिस्सों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ वर्षा हुई जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है इस दौरान राजधानी शिमला में भी बूंदाबांदी हुई आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने राज्य के मध्यम पर्वतीय इलाकों में अलग अलग स्थानों पर अंधड़ के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं का निपटारा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है उपायुक्त आज ऊना में आयोजित जिला सैनिक बोर्ड की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अपील की कि जिन पूर्व सैनिकों व विधवाओं ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वह अपने दस्तावेज संबंधित कार्यालय को जल्द भेजे